इससे पहले चौदह अप्रैल को उन्होंने देशवासियों को संबोधित किया था और कोविड नाइन्टीन की वजह से लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढाने की घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से अपने राज्यों में पर्णबंदी के बारे में अपने विचारों से पन्द्रह मई तक अवगत कराने को कहा है श्री मोदी ने राज्यों से पूर्णबंदी से धीरे धीरे छट देने से जुड़ी परेशानियों से निपटने के तौर तरीकों से भी अवगत कराने को कहा है उन्होंने कहा कि पूर्णबंदी के पहले चरण में लाग किये गये उपायों की दसरे चरण में जरूरत नहीं थी इसी प्रकार तीसरे चरण के उपायों की चौथे चरण में आवश्यकता नहीं है कोरोना संकट से उबरने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में कल प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमण के क्षेत्रों के बारे में हमारे पास स्पष्ट जानकारी है पिछले कुछ सप्ताह में जिला स्तर तक अधिकारियों ने संचालन प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ लिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड नाइन्टीन के प्रसार की जानकारी से अधिक संक्रमित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के प्रसार को रोकना होगा

श्रू में पन्द्रह जोड़ी रेलगाडियां चलाई जाएंगी इन रेलगाडियों को नई दिल्ली स्टेशन से विशेष रेलगाडी के रूप में चलाया जा रहा है और ये डिक्रगढ अगरतला हावडा पटना बिलासपुर रांची भूवनेश्वर सिकंदराबाद बेंगलुरू चेन्नई तिरूवनन्तपुरम मड़गांव मुम्बई सेंट्रल और जम्मू तवी से जुड़ेंगी आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा इसमें दिल्ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ विकित्सक डॉक्टर ए के वार्षणेय हिस्सा ले रहे हैं श्रोता स्ट्डियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पृष्ठ सकते हैं नम्बर है शन्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार हमारा टोल फ्री नम्बर है एक आठ शन्य शन्य एक एक पांच सात छ सात यह कार्यक्रम आज रात नौ बजकर पच्चीस मिनट स ेएफएम गोल्ड और अतिरिक्त चैनलों पर सुना जा सकता है

इस श्रंखला में आकाशवाणी से बातचीत करते हए सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के वरिष्ठ फिजीशियन डॉक्टर एम के सेन ने कहा कि यह कठिन दौर है और हमें लॉकडाउन के मुल नियमों को मानना चाहिए ये घड़ी एक परीक्षा की घड़ी है ये क्रा हमें और भी अधिक मात्रा में संयय सुख्बा और अनुशासन का ध्यान में रखना है जो लॉकबाउन के मूल गंत्र हैं पैसे कि सोशल विस्टॉसिंग हवा या स्वच्छता इंडिनेस यूज ऑफ मास्क हैंड वाशिंग इसका निरंतर पालन हमें करते रहना होगा प्रदेश सरकार ने ग्राम रोजगार सेवकों के बैंक खातों में धनराशि भेज दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य के पैंतीस हजार आठ सौ अटठारह ग्राम रोजगार सेवकों के खातों में दो सौ पच्चीस करोड रूपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की

टवीट संदेश में उन्होंने सभी प्रदेशवासियों के लिए मंगलकामना की उधर पूर्णबंदी के कारण अयोध्या वाराणसी और गोरखपुर समेत अन्य स्थानों पर मंदिरों के कपाट बंद रहे अयोध्या के हनमानगढी सआदतगंज के महंत त्रिलोकीनाथ ने लोगों से घरों में ही रहकर पजा अर्चना करने की अपील की है कोरोना महामारी के संकट के समय सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करा रही है आजमगढ जिले की एक हजार छह सौ अटठासी ग्राम पंचायतों में अडसठ हजार श्रमिकों को योजना के तहत काम दिया गया है तीन हजार से अधिक प्रवासी श्रमिकों को भी काम दिया गया है केन्द्र सरकार ने कोविड नाइन्टीन से प्रभावित कलाकारों के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा कोई राहत कार्यक्रम श्रू किये जाने का खंडन किया है पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि इस तरह की सूचनाएं पूरी तरह झूठ हैं और संस्कृति मंत्रालय या उसके अधीन संगीत नाटक अकादमी ने इस तरह का कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया है ई मेलएसएमएस और ह्वाट्स एप पर प्रसारित संदेशों में भारत सरकार की ओर से कोविड नाइन्टीन से पीडित कलाकारों के लिए एक राहत कार्यक्रम शुरू किये जाने का दावा किया जा रहा था

यह स्पष्ट किया गया है कि केवल आधार नम्बर नहीं होने पर किसी भी वास्तविक लाभार्थी को अनाज लेने से मना नहीं किया जाएगा न ही राशन कार्ड से उसका नाम हटाया जाएगा और न उसका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा उपनोक्ता कार्य मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं

दोनों किशोर मौनी माझा क्षेत्र के रहने वाले थे